कांग्रेस पर जमीनी नेताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप और चक्रवाती तूफान फोनी के असर से प्रदेश में कल से बारिश की संभावना

प्रदेश में पांचवे से अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है इस सिलसिले में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवहर में पार्टी प्रत्याशी रमा देवी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार ने देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि इसे जड़ से खत्म करना ही एकमात्र उपाय है श्री सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर प्रधानमंत्री पद का निरादर करने का आरोप लगाया उन्होंने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के महनार में लोजपा उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस और मधुबनी के रहिका में भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव के समर्थन में भी चूनावी रैली को संबोधित किया जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा है उन्होंने लोगों से केन्द्र और राज्य सरकार के विकास कार्यो के आधार पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की श्री कुमार ने वैशाली जिले के प्रेमराज और लालगंज में लोजपा प्रत्याशी पश्पति क्मार पारस तथा सीतामढ़ी के मेजरगंज में जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सीवान में एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि पूरे राज्य में भय और आतंक का माहौल खत्म हुआ है और विकास का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचा है इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मध्रबनी में महागठबंधन उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे शिवहर में राजद प्रत्याशी फैजल अली वैशाली में राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम और सीतामढ़ी में अर्जुन राय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री यादव ने इस चुनाव को देश का भविष्य तय करने वाला बताया इसी संसदीय क्षेत्र के बाजपट्टी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने केन्द्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए लोगों से सत्ता परिवर्तन के लिये महागठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की सभा को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और राजद नेता आलोक मेहता ने भी संबोधित किया इधर पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव ने अपने अपने क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया वहीं पाटिलपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने भी जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की अपील की कांग्रेस की विक्षुब्ध नेता और पूर्व सांसद लवली आनंद ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है श्रीमती आनंद ने आज शिवहर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसकी घोषणा की बाद में लवली आनंद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में जमीनी नेताओं की उपेक्षा की जा रही है उन्होंने कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के लिये टिकट बेचने का आरोप लगाया चूनाव आयोग ने गड़बड़ी के कारण मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के दो मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय के घोंघसा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या तीन सौ उन्तालीस और तीन सौ चालीस पर फिर से मतदान कराया जायेगा मुंगेर के जिला निर्वाची पदाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पुनर्मतदान की तारीख जल्द घोषित की जायेगी सातवें और अंतिम चरण के तहत प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में एक सौ बासठ उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये हैं इन क्षेत्रों के लिये दो सौ सताईस उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था जिसमें पैंसठ के नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये सबसे अधिक पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से अठारह पर्चे रद्द हुए हैं जहानाबाद से सोलह आरा से तेरह काराकाट से दस पाटलिपुत्र से सात और नालंदा से एक उम्मीदवार के पर्चे रद्द किये गये बक्सर और सासाराम संसदीय क्षेत्रों से किसी भी उम्मीदवार का पर्चा रद्द नहीं हुआ है वहीं डिहरी विधानसभा उप चुनाव के लिये सभी तेरह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गये हैं उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकते हैं इस चरण में उन्नीस मई को मतदान होना है सीपीआई ने मध्रबनी से निर्दलीय उम्मीदवार शकील अहमद सीतामढ़ी में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर रघुनाथ कुमार और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से एसयूसीआई के मोहम्मद इदरीश को समर्थन देने की घोषणा की है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा द्वारा दरभंगा में एक चुनावी सभा के दौरान दिये गये विवादास्पद बयान को लेकर दरभंगा की एक अदालत में शिकायत दर्ज करवायी गयी है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार चुनावी मुकाबला रोचक है ग्यारह प्रत्याशी अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं

कांग्रेस गठबंधन को एक बार जीत मिली जनता पार्टी ने दो बार जीत दर्ज की जनता दल को चार बार जीत का मौका मिला जेडीयू को दो बार और लोक जनशक्ति पार्टी को भी दो बार जीत मिली आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठे फौनी तूफान के प्रभाव से कल से पूर्वी बिहार और गंगा के तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की सम्भावना है तूफान के असर से कई क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे और तापमान में कमी आयेगी आज रोहतास जिले के डिहरी पैंतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा गया का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव चार भागलपुर का चालीस दशमलव छह पटना का उनतालीस दशमलव छह और पूर्णिया का छत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फोनी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कल पटना से एर्णाकुलम जाने वाली पटना एर्णाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया है वहीं यशवंतपुर से मुजफ्फरपुर के लिये खुलने वाली यशवंतपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन आज और वापसी में छह मई को रद्द कर दी गयी है पुरी से खुलने पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस भुवनेश्वर से खुलने वाली भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और पुरी से आनंद विहार जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस तीन मई को रद्द रहेगी पूर्णिया जिले के खजांची थाना क्षेत्र के बारीहाट में निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा के भाई शंकर कुशवाहा पर अपराधियों ने आज दिन दहाड़े गोलीबारी कर दी इस घटना में वे बाल बाल बच गये पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि भूमि विवाद में बिन्टू सिंह गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है इस मामले में स्थानीय लोगों के सहयोग से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है

आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है यह दिन कामगारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रमई पंचायत स्थित एक आंगनबाड़ी केन्द्र में विषाक्त भोजन खाने से चौबीस बच्चे बीमार हो गये सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है शेखप्रा जिले के सदर प्रखंड के हथियावां पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव जितेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ नौ लाख चालीस हजार रूपये सरकारी राशि गबन करने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के लिये चुनाव प्रचार चरम पर

कांग्रेस पर जमीनी नेताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप और चक्रवाती तूफान फोनी के असर से प्रदेश में कल से बारिश की संभावना